मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा नवम्बर माह से प्रदेष में षुरू होगी दुनिया की सबसे बड़ी पेय जल योजना भगवान श्रीकृश्ण की जन्मस्थली मथुरा सहित प्रदेष के विभिन्न स्थानों पर श्रद्दा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है जन्माश्टमी का त्योहार प्रदेष के विभिन्न स्थानों पर भारी वर्शा के चलते जन जीवन प्रभावित पिछले छत्तीस घंटों में बीस लोगों की मृत्यु का समाचार उपराश्ट्रपति वेंकैया नायड् ने कहा है कि सार्वजनिक जीवन में पारदर्षिता और जवाबदेही सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं

उन्होंने कहा कि आरक्षण का लाभ समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने एक वर्श के कार्यकाल का लेखा जोखा पेष करने के लिए श्री नायड् की प्रषंसा की श्री मोदी ने कहा कि श्री नायडू का अनुषासन और समयबद्वता पर सबसे ज्यादा जोर रहा प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री वेंकैया नायड् को जो भी काम सौंपा गया उसे उन्होंने पूरी निश्ठा के साथ किया और वे हर काम के अनुरूप खुद को सहजता से ढाल लेते हैं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेष सरकार आगामी नवम्बर माह में दुनिया की सबसे बड़ी पेयजल परियोजना का ष्भारम्भ करेगी इस परियोजना के तहत पाइप के जरिए घर घर पीने का षुद्ध पानी पहुंचाया जायेगा यह पाइप लाइन बुन्दलेखण्ड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेष तक बिछाई जायेगी मुख्यमंत्री कल गोरखपुर के बी आर डी मेडिकल कॉलेज में सी आर सी और आर एम आर सी के षिलान्यास के बाद आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे श्री योगी ने कहा कि बीमारियों की मूल वजह पीने का षुद्ध पानी है षुद्ध पानी की आपूर्ति सुनिष्चित कर बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सकता है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेडिकल कॉलेज में कार्निया बैंक का लोकार्पण भी किया उन्होंने कहा कि यह पूर्वी उत्तर प्रदेष का पहला कार्निया बैंक है जहां कार्निया ट्रान्सप्लांट से लोगों को नेत्र ज्योति मिली है इस अवसर पर केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपीनड्डा ने कहा कि गोरखपुर में आरएमआरसी रीजनल मेडिकल रिसर्च सेन्टर के बन जाने से यहां इन्सेफेलाइटिस और अन्य विशाणु जनति बीमारियों की पहचान और उनके खतरे की जानकारी समय से हो जायेगी इससे बचाव और नियंत्रण में मदद मिलेगी इस अवसर पर केन्द्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री थावर चन्द गहलौत ने कहा कि बी आर डी मेडिकल कॉलेज में स्थापित होना वाला सी आर सी समेकित क्षेत्रीय केन्द्र प्रदेष का दूसरा सी आर सी है इससे पूर्वान्चल के दिव्यांगों को इलाज के लिए अन्य बड़े संस्थानों में भटकना नहीं पड़ेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विष्वस्तरीय अलकनन्दा क्रज का लोकार्पण किया श्री योगी ने अपने सहयोगी मंत्रियों तथा अधिकारियों के साथ क्रज की सवारी की और गंगा पार डोमरी गांव पहंच कर यहां आयोजित जन चौपाल में भाग लिया इस गांव को प्रधानमंत्री ने गोद लिया है गंगा नदी में इस विषेश जल यात्रा सेवा के षुरू होने से लोगों में अत्यधिक उत्साह है इस क्रज में एक सौ पच्चीस लोग सवार हो सकते हैं फिलहाल यह क्रज सेवा बारह किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध होगी क्रज सेवा की विषेशता यह है कि गंगा में बाढ़ आने या जलस्तर कम होने से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस क्रूज में रूद्राभिशेक पूजा अर्चना और पार्टी करने की सुविधायें भी उपलब्ध हैं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक औशधालयों से दवाओं के बिक्री नियमों का मसौदा जारी किया है इसका उददेष्य देष भर में दवाओं की ऑनलाइन बिक्री का नियमन और विष्वसनीय ऑनलाइन पोर्टल से सही दवाओं तक पहुंच सुनिष्यित करना है इन मसौदा नियमों के अनुसार कोई भी व्यक्ति पंजीकरण कराये बिना ई फार्मेसी पोर्टल से दवाओं की बिक्री भण्डारण या प्रचार नहीं कर सकता श्रीकृश्ण जन्माश्टमी का पर्व कल प्रदेष भर में आस्था के साथ ध्रमधाम से मनाया गया रात्रिव्यापिनी अश्टमी तिथि होने के कारण लोगों ने कल आधी रात को भगवान श्रीकृश्ण के जन्म का उत्सव मनाया भगवान श्रीकृश्ण की जन्मस्थली मथुरा में जन्माश्टमी का पर्व आज मनाया जा रहा है वहां पर पर्व का विषेश उत्साह है श्रीकृश्ण जन्म स्थान पर आयोजित जन्मोत्सव कार्यक्रम में षामिल होने के लिए देष विदेष से श्रद्धालु मथुरा पहुंच गये हैं

लोगों ने अपने घरो में भी ऐसी झांकिया सजा कर पर्व मनाया इन सभी स्थानों पर अर्धरात्रि को भगवान श्रीकृश्ण के जन्मोत्सव पर लोगों ने भजन कीर्तन गाए इंडोनेशिया के जकार्ता और पालेमबांग में अट्ठारह अगस्त को शुरू हुए अट्ठारहवें एशियाई खेल कल सम्पन्न हो गए लगभग ग्यारह हजार से अधिक खिलाड़ियों ने एषियाई खेलों में भाग लिया भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल ने समापन समारोह में तिरंगा लेकर भारतीय दल का नेतृत्व किया इस प्रतियोगिता में चालीस खेलों की चार सौ पैंसठ स्पर्धाओं में मेजबान इंडोनेशिया सहित पैंतालिस देशों ने हिस्सा लिया चौदह दिन तक चले इस इवेंट में भारत ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इतिहास रच दिया भारत पन्द्रह स्वर्ण चौबीस रजत और तीस कांस्य सहित कुल उन्हत्तर पदक जीतकर पदक तालिका में आठवें स्थान पर रहा प्रदेष सरकार ने सरस्वती और षिक्षक श्री पुरस्कारों की घोशणा कर दी है लखनऊ विष्वविद्यालय के प्रोफेसर राजीव मनोहर सहित तीन को सरस्वती प्रस्कार और प्रोफेसर दिनेष कुमार सिंह और डॉक्टर मोनिषा बनर्जी सहित छह षिक्षकों को षिक्षक श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा इन षिक्षकों को पांच सितम्बर को षिक्षक दिवस पर लखनऊ के लोकभवन में सम्मानित किया जायेगा सरस्वती सम्मान के तहत तीन लाख रूपये और षिक्षक श्री सम्मान के तहत डेढ़ लाख रूपये बतौर पुरस्कार दिये जायेंगे सम्मान प्राप्त करने वालों में राजकीय पीजी कॉलेज हमीरपुर के प्राचार्य डॉक्टर सत्येन्द्र सिंह और देवनागरी महाविद्यालय मेरठ के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर विजेन्द्र सिंह यादव को सरस्वती पुरस्कार से नवाजा जायेगा इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विष्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग के प्रोफेसर ओमप्रकाष पाण्डेय राजकीय महिला महाविद्यालय डीएलडब्ल्यू वाराणसी के डॉक्टर रजनीष चन्द्र त्रिपाठी अग्रसेन कन्या पीजी कॉलेज वाराणसी की डॉक्टर अनीता सिंह और विधि जय बुन्देलखंड कॉलेज ऑफ लॉ पनारी ललितपुर के डॉक्टर दिनेष बाबू को षिक्षक श्री पुरस्कार से सम्मानित किया जायेगा प्रदेश के कई स्थानों पर भारी वर्षा के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है लगातार वर्षा के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है हमारे लखनऊ संवाददाता ने बताया कि पिछले चौबीस घंटे में वर्षा से जुड़ी घटनाओं में राज्य में बीस लोग अपनी जान गंवा चुके हैं इस बीच झांसी और ललितपुर में बाढ़ में फंसे कुल चौदह लोगों को हेलीकाप्टर द्वारा सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया सम्भल जिले के जुनावयी ब्लॉक के कई गांवों में नरौरा बांध से छोड़ा गया पानी प्रवेष कर गया है जिससे ग्रामीण परेषान हैं ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है